भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चअल शिखर बैठक करेंगे इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा के अलावा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे इस बैठक के जरिए भविष्य में भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग के विस्तार का खाका तैयार किया जा सकेगा भारत और फिनलैंड के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों तथा स्वतंत्रतापरक और नियमानुकूल अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर मित्रतापूर्ण संबंध हैं दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश शिक्षा नवाचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शोध और अनुसंधान के क्षेत्रों में निकट सहयोग है दोनों देश सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए कृत्रिम मेधा का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर के विकास की दिशा में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं फिनलैंड की लगभग एक सौ से अधिक कंपनियां दूर संचार लिफ्ट संबंधी तकनीक यांत्रिकी तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के अन्य स्रोतों के क्षेत्रों में भी सक्रियता से काम कर रही हैं

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल रात खत्म हो रही थी

आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है बता दें कि पिछले कई दिनों से अधिक लोड पडने पर आयोग का सर्वर धीमा हो गया था इस कारण कई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों को हर साल पांच हजार रुपये का प्रोत्साहन भत्ता देगी इतना ही नहीं इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली विधवा दिव्यांग और आदिम जनजाति से जुड़े लोगों को अतिरिक्त पचास प्रतिशत राशि दी जाएगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी सदन से साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा को लेकर प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मौत होती है तो उसके आश्रित को तत्काल एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी

रेल पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों के कार्यक्रम पर भी आज राज्यसभा में चर्चा होगी झारखंड की उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार ने पांच लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है

उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से नई औद्योगिक नीति लागू कर दी जाएगी

ये बदलाव अनुदान पर हैं पूजा सिंघल ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के पहले तक बंद बड़े उद्योगों को खोलने को लेकर काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि छह सौ चौंतीस उद्योगों के पुनरूद्वार के लिए विभाग ने चिन्हित किया है वहीं विभाग के निदेशक जीतेंद्र कुमार सिंह ने पॉलिसी की नई खूबियों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि पॉलिसी का मुख्य फोकस एग्रो फूड इलेक्ट्रॉनिक व्हेकिल इंडस्ट्रीज फार्मास्यूटिकल के लिए अलग से प्रावधान है

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान बाईस हजार तीन सौ बावन लोगों को टीका की पहली तथा तेरह हजार तीन सौ इक्यावन लोगों को दूसरी डोज दी गई

अबतक राज्य में तीन लाख अंठावन हजार तीन सौ सैंतालीस सरकारी कर्मियों उन्नीस हजार पांच सौ तिरपन बीमारों तथा एक लाख सोलह हजार पांच सौ बतीस बुजुर्गों को पहली डोज का टीका लगाया गया है राज्य में अबतक चार लाख चौरानबे हजार चार सौ बतीस लोगों का पहली डोज का टीकाकरण हो चुका है वहीं दूसरी ओर कल तेरह हजार तीन सौ इक्यावन सरकारी कर्मियों ने दूसरी डोज का भी टीका लिया अबतक एक लाख सन्ताबन हजार छह सौ चौरासी कर्मियों को दूसरी डोज का टीका लगाया जा चुका है

मुख्य सचिव सुखदेव सिह ने कल सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने माइक्रो प्लान बनाकर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश उपायुक्तों को दिए

इधर स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने भी कल सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर राज्य के सभी पंचायतों में कम से कम एक टीकाकरण केंद्र बनाकर टीकाकरण करने को कहा उन्होंने बीमारों तथा बुजुर्गों को टीकाकरण केंद्र तक लाने की व्यवस्था भी करने को कहा है इसमें उन्होंने स्वयं सहायता समूहों का भी सहयोग लेने का सुझाव दिया है साथ ही आवश्यक संख्या में प्रशिक्षित वैक्सीनेटर तथा डाटा इंट्री ऑपरेटर सुनिश्चित करने को कहा है भारत ने कोविड महामारी से निपटने में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है द्निया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में चलाए गए कोविड टीके की कुल संख्या कल तीन करोड सुत्रह लाख से अधिक हो गई है इस तरह अब तक वैक्सीन की कुल तीन करोड़ सत्रह लाख इक्हतर हजार छह सौ इकसठ खुराकें दी जा चुकी हैं

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सडसठ नये कोरोना संक्रमित मिले हैं इसी के साथ राज्य में अब तक मिले क्ल संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख बीस हजार छह सौ पन्चानबे पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल उनसठ लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार छियालीस पहुंच गई है राज्य में कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है और अबतक मरने वालों की कुल संख्या एक हजार तिरानवे है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर पांच सौ छप्पन पहुंच गई है रांची के संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका पर कल झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुईे अदालत ने श्याम किशोर गुप्ता पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी पर घर बेचने के नाम पर लोगों से पैसे हड़पने का आरोप है भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा ट्वेंटी ट्वेंटी मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा ईशान किशन की अपने पहले ही मैच में ध्आंधार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने रविवार को हुए दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को सात विकेट से हरा दिया था गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड स्थित कसयातरी रमणों गांव में आग लगने से दो लोगों के प्रआल जलकर राख हो गये पथरगामा के अंचल अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना कर पीड़ित को सहायता पहुंचाने की बात कही है ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत कल रामगढ़ प्रखंड सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी कीर्ति श्री की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा शाखा अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन लेने की सलाह दी गई नन कम्युनिकेबल डिसीज कार्यक्रम के अंतर्गत कल रामगढ़ में सिविल सर्जन डॉक्टर गीता सिन्हा मानकी ने सभी प्रखंड स्तरीय सीएचओ और स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण दिया झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओर से बेरोजगारों को भता और सड़क हादसे के मृतक के आश्रित को मुआवजे की घोषणा की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रशिक्षित बेरोजगारों को अप्रैल से भत्ता शीर्षक से हिन्दुस्तान ने पहले पन्ने पर यह खबर प्रकाशित किया है वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है सड़क हादसे में मौत को लेकर आश्रित को सरकार से मिलेगा एक लाख रूपये मुआवजा बैंको की हड़ताल की खबर प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर जगह दी है जिसका शीर्षक है बैंक हड़ताल से राज्य में दस हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित जूनियर नेशनल तीरंदाजी में झारखंड के चैंपियन बनने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर जगह दी है